प्रत्याशियों में राज्य सरकार के आठ मंत्री भी शामिल

पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इस चरण में कुल एक हजार इक्यानवें उम्मीदवारों के पर्चे वैध पाए गए थे जिनमें से छब्बीस प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए है कल नाम वापसी का अंतिम दिन था पालीगंज और गोबिंदपुर विधानसभा क्षेत्रों में सबसे अधिक उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए जहां तीन तीन उम्मीदवार मैदान से हटे इस चरण में सोलह जिलों की इकहत्तर सीटों के लिए अट्ठाईस अक्तूबर को वोट डाले जाएंगे पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी उनतीस जनता दल यूनाइटेड पैंतीस और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा छह सीटों पर चुनाव लड़ रहा है विकासशील इंसान पार्टी ने ब्रहमपुर से एक उम्मीदवार खड़ा किया है उधर महागठबंधन के तहत राष्ट्रीय जनता दल ने बयालीस जबकि कांग्रेस ने इक्कीस सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं भाकपा माले ने आठ सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं पहले चरण में गया टाउन विधान सभा क्षेत्र में सबसे अधिक सत्ताईस उम्मीदवार चुनावी अखाडें में हैं वहीं बांका जिले के कटोरिया निर्वाचन क्षेत्र में सबसे कम प्रत्याशी हैं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इस सीट पर चुनावी दंगल में केवल पांच उम्मीदवार हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी और अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज श्रेयसी सिंह पहले चरण की प्रमुख प्रत्याशी हैं राज्य के आठ कैबिनेट मंत्रियों प्रेम कुमार रामनारायण मंडल कृष्ण नंदन वर्मा जय कुमार सिंह संतोष निराला विजय कुमार सिन्हा शैलेश कुमार और ब्रज किशोर बिंद के राजनीतिक भाग्य का फैसला भी इसी चरण में होगा बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में पन्द्रह जिलों के अठहत्तर निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी की जाएगी इसके साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी बीस अक्टूबर तक नामांकन के पर्चे दाखिल किये जायेंगे इक्कीस अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी जबकि तेईस अक्टूबर तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकते हैं तीसरे चरण के लिए मतदान सात नवम्बर को होगा उधर दूसरे चरण में चौरानवे विधानसभा सीटों के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया जारी है दूसरे चरण के लिए सोलह अक्टूबर तक नामांकन के पर्चे दाखिल किये जायेंगे दूसरे चरण के लिए मतदान तीन नवम्बर को होगा बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बावन हजार से अधिक दिव्यांगजनों और अस्सी वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक मतदान के लिए डाक मतपत्र की सुविधा का उपयोग कर सकेंगे इन मतदाताओं को रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा पूर्व सूचित तारीखों पर डाक मतपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे और मतदान प्रक्रिया में गोपनीयता सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी यह पहली बार है जब बिहार विधानसभा चुनाव में डाक मतपत्र की सुविधा इन दोनों श्रेणियों में दी जा रही है बिहार में इकहत्तर विधानसभा क्षेत्रों के बूथ स्तर के अधिकारियों ने इन दोनों श्रेणियों के चार लाख से अधिक मतदाताओं से संपर्क किया है शेष मतदाता मतदान के लिए ब्रथ पर जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे कोविड उन्नीस महामारी के दौर में मतदान को सभी के लिए सुलभ और सुरक्षित बनाने के लिए चुनाव अधिकारी बिहार में डाक मतपत्र के इस्तेमाल के लिए पात्र मतदाताओं तक पहुंच बना रहे हैं भाजपा ने विधानसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवारों के विरुद्ध चुनाव लड़ने के आरोप में प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह समेत नौ नेताओं को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है निष्कासित किये गये नेताओं में राजेंद्र सिंह के साथ विधायक रविन्द्र यादव पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया और उषा विद्यार्थी श्वेता सिंह इंद् कश्यप अनिल कुमार मृणाल शेखर और अजय प्रताप शामिल हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि ये नेता एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं इसी कारण उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गयी है विधानसभा चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण बनाये रखने के लिए दूसरे चरण में अर्द्वसैनिक बलों की तीन सौ और कंपनियां बिहार आयेंगी इन कंपनियों को अलग अलग जिलों में तैनात किया जायेगा बक्सर के जिलाधिकारी अमन समीर ने महिला मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए एक विडियो का लोकार्पण किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य है खगड़िया के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने जिले के कम मतदान वाले मतदान कोन्द्रों का निरीक्षण किया और मतदान के लिए वोटरों को जागरूक करने का निर्देश अधिकारियों को दिया अरवल के पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन ने कहा है कि अब तक जिले में तैंतालीस लोगों पर सीसीए की कार्रवाई की गई है उन्होंने कहा कि तीन हजार नौ सौ सतासी लोगों के खिलाफ धारा एक सौ सात की कार्रवाई की गई है राजद ने दूसरे चरण में होने वाले चुनाव के लिए राजनगर से राम अवतार पासवान और गौड़ा बौड़ाम से अफजल अली खां को अपना उम्मीदवार बनाया है पार्टी ने तीसरे चरण के लिए बोचहा से रमई राम त्रिवेणीगंज से संतोष सरदार छातापुर से बिपिन चौहान सिकटी से शत्रुघ्न प्रसाद सुमन बरारी से नीरज कुमार और कुढ़नी से अनिल सहनी को टिकट दिया है

लोजद के महासचिव अरुण श्रीवास्तव ने यह जानकरी दी और अब बात कोरोना के खिलाफ जनआंदोलन की

शेखप्रा जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने कहा कि जब तक टीका नहीं बन जाता अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है

डॉक्टर निश्चल ने कहा है कि कोरोना वायरस को दूर रखने के लिए लोगों को तीन चरणों का पालन करना होगा

क्या हम अपनेआप को सुरक्षित रखते हुए इन तीज त्योहार के सीजन को सेलिव्रेट कर सकते हैं हां विल्कूल कर सकते हैं इसके लिए हमें कोविड अप्रोप्रिएट विहेवियर जैसे कि मास्क पहनना कफ एटिकेट्स को ध्यान रखना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अगर विमार हैं तो घर पर रहना इन सब नियमों का पालन करके हम खुद सुरक्षित रह सकते हैं और आस पास को सुरक्षित रख सकते हैं और इन त्योहारों का पूरा आनंद ले सकते हैं राज्य में पिछले चौबीस घंटे में एक हजार तीन सौ उनहत्तर कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं इसके साथ ही पॉजिटिव लोगों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर चौरानवे दशमलव दो एक प्रतिशत हो गई इसी अवधि में संक्रमण के शिकार नौ व्यक्तियों की मौत हो गयी स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अबतक स्वस्थ हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर एक लाख पचासी हजार पांच सौ तिरानवे हो गई है प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या दस हजार चार सौ इक्यावन रह गई है पिछले चौबीस घंटे में कोविड उन्नीस के सात सौ बत्तीस नए मामले सामने आए हैं जिससे राज्य में अबतक पॉजिटिव हुए लोगों की संख्या बढ़कर एक लाख छियानवें हजार दो सौ अड़सठ हो गई है पटना जिले में सबसे अधिक दो सौ सत्रह संक्रमित मिले हैं अररिया में एक सौ चौदह नालंदा में तिरसठ पूर्णिया में उनसठ और पूर्वी चंपारण में उनचास नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके अलावा अन्य जिलों से भी कोरोना संक्रमण के मामले आये हैं पिछडा और अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री विनोद कुमार सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ कल किया जायेगा कटिहार के जिलाधिकारी कंवल तनुज ने बताया कि जिले के मनिहारी घाट पर अंतिम संस्कार संपन्न होगा गौरतलब है कि लंबे समय से बीमार चल रहे विनोद कुमार सिंह का कल गूड़गांव के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था देर रात उनका पार्थिव शरीर पटना लाया गया दिवंगत विधायक के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए आज विधान सभा परिसर में रखा जायेगा इसके बाद भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में भी श्रद्धांजलि दी जायेगी बाद में मंत्री का पार्थिव शरीर उनके गृह जिले कटिहार ले जाया जायेगा राज्य सरकार ने उनके निधन पर आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है केंद्र सरकार ने कहा है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत अब तक लगभग बत्तीस करोड़ कार्य दिवस उपलब्ध कराए गए हैं और इस पर करीब इकतीस हजार पांच सौ सतहत्तर करोड़ रुपये खर्च आया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि एक लाख बत्तीस हजार से अधिक जल संरक्षण ढांचे चार लाख बारह हजार ग्रामीण आवास पशुओं के लिए पैंतीस हजार पांच सौ उनतीस शेड पच्चीस हजार छह सौ नवासी खेत तालाब और करीब सोलह हजार सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाए गए

अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हालांकि प्रथम चरण के उम्मीदवारों की संख्या से जूड़ी खबर को अखबारों ने तरजीह दी है हिन्दुस्तान ने चुनाव से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है पहले चरण में आठ मंत्रियों की अग्नि परीक्षा इसी अखबार ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में लिखा है चूनाव कार्य के लिए निजी वाहन जब्त नहीं किये जा सकते दैनिक जागरण ने केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान को सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सीमा विवाद चीन पाक की साजिश दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है नीतीश बोले उनमें न दम न अनुभव वे क्या देंगे नौकरी इसी अखबार ने कांग्रेस में टिकट बंटवारे के विवाद को सुर्खी बनाया है अखबार ने लिखा है कि प्रत्याशी चुनने में गड़बड़ी के आरोप में मदन मोहन झा सदानंद सिंह और अखिलेश सिंह को चयन समिति से हटा दिया गया है प्रभात खबर ने केन्द्रीय वित्तमंत्री की घोषणा को सुर्खी बनाते हुए लिखा है केन्द्रीय कर्मचारियों को दस हजार रूपये का फेस्टिवल एडवांस

प्रत्याशियों में राज्य सरकार के आठ मंत्री भी शामिल